भाजपा और जदयू ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया

जदयू ने कहा सत्ता में आये तो सात निश्चय पार्ट टू होगा लागू पहले और दूसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ और तेज

बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

कृषि के क्षेत्र में पार्टी ने एक नई कृषि निवेश नीति लाने और एक हजार नए किसान उत्पाद संगठनों के गठन का वायदा किया है इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे इधर जदयू ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है पटना में पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने पर सात निश्चय के पार्ट ट्र को लागू किया जायेगा घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि हर घर बिजली हर खेत के लिये सिंचाई और समृद्ध गांव का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जायेगा श्री सिंह ने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी के नाम पर सस्ती राजनीतिक कर रहा है

पहले चरण के मतदान के लिए विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चूनावी रैलिया कर रहे हैं चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ अन्य गठबंधनों के नेता भी चूनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर के विभूतिपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग जब सत्ता में थे तो नौकरी नहीं दिया लेकिन अब लाखों नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना जिले के बाढ़ और औरंगबााद के नबीनगर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर कोरोना से निपटने में बेहतर काम किया है बांका के बौंसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू लाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है इधर लखीसराय में भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित किया श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया है और साथ ही देश की सीमा सुरक्षित हुई है इधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शेखपुरा में रोड शो किया उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिये लोजपा उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने बक्सर में एक चुनावी सभा में फिर दोहराया कि उनकी सरकार बनी तो पहला काम दस लाख युवकों को सरकारी नौकरी देना होगा किसानों का कर्ज भी माफ किया जायेगा

उन्होंने चूनाव आयोग से सभी मतदान केन्द्रों पर कोरोना से बचाव को लेकर समूचित व्यवस्था करने की मांग की है विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन वापस लेने का कल आखिरी दिन है नामांकन पत्रों की जांच के बाद इस चरण में एक हजार दो सौ उनचास नामांकन वैध पाये गये हैं कुल एक सौ बासठ नामांकन खारिज कर दिये गये हैं गौरतलब है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में एक हजार चार सौ ग्यारह नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं वहीं इसी चरण में होने वाले वाल्मिकी नगर लोकसभा उपचुनाव में सभी सात प्रत्याशियों के नामांकन सही पाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सासाराम गया और भागलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सभा को लेकर इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसिया चौकस हैं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल नजर रख रहें हैं सभा के दौरान जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी समेत भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि विधान सभा चुनाव के विभिन्न चरणों में श्री मोदी की बारह सभा होंगी वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल भागलपुर के कहलगांव और नवादा के हिसुआ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे यह जानकारी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकव कादरी ने दी है और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत एक रिपोर्ट

सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट साउंड बाईट बक्सर विधान सभा सीट से राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय को टिकट मिलने के कयास और फिर इससे वंचित रह जाना चर्चा में बना रहा श्री पांडेय ऐन चुनाव से पहले भारतीय पुलिस सेवा से खैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे लेकिन एनडीए में यह सीट भाजपा के खाते में गयी है भाजपा ने पुलिस महकमे के ही एक सिपाही परशुराम चौबे को ँटिकट देकर सबको चौका दिया वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर मौजूदा विधायक संजय तिवारी को फिर से मौका दिया है

पिछले बीस साल के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो भाजपा तीन बार बक्सर सीट को जीतने में सफल रही है वहीं बहजन समाज पार्टी ने भी एक बार इस पर सफलता हासिल की

अपने अपने जीत के दावे करते हुए सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक शेखर के साथ पटना से रजनीकांत चौधरी विधान परिषद के चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आज मतदान सम्पन्न हो गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पटना स्नातक क्षेत्र में चौवालीस दशमलव पांच तीन प्रतिशत तिरहुत स्नातक क्षेत्र में तैंतालीस दशमलव नौ एक प्रतिशत दरभंगा स्नातक क्षेत्र में सैंतालीस दशमलव दो आठ फीसदी जबकि कोसी स्नातक क्षेत्र में अंठावन दशमलव पांच दो प्रतिशत मतदान हुआ है इधर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पचपन दशमलव तीन शून्य सारण निर्वाचन क्षेत्र में पचासी प्रतिशत तिरहुत क्षेत्र में उनासी दशमलव सात सात प्रतिशत और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सत्तर दशमलव शून्य तीन फीसदी मतदान हुआ है मतों की गिनती बारह नवम्बर को की जायेगी आयकर विभाग की टीम ने सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में खड़े एक वाहन से आठ लाख रूपये नकद जब्त किये हैं मामले की छानबीन जारी है आयकर विभाग ने कांग्रेस कार्यालय में नोटिस चिपकाया है बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर काले धन के लेन देन के लिए यह राशि गाड़ी में रखी गयी थी वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्रीय एजेंसियों का निहित स्वार्थ के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं संक्रमण की प्रष्टि के बाद उनका इलाज पटना के एम्स में चल रहा है सुशील कुमार मोदी ने स्वयं ट्वीट संदेश में यह जानकारी देते हुए कहा कि वे जल्द स्वस्थ होकर चुनावी अभियान में शामिल होंगे इधर मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक विजेन्द्र चौधरी भी संक्रमित पाये गये हैं इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूढ़ी भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इधर राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में भीड़ पर चिंता जाहिर करते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में कोरोना के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख संतानवे हजार एक सौ तिरानवे हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार अंठावन नये मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक दो सौ छप्पन नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में छियासठ भागलपुर में पैंतालीस गया में बयालीस सहरसा और गोपालगंज में अड़तीस अड़तीस और सुपौल में उनतीस संक्रमितों की पहचान की गयी है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड महामारी के बीच हो रही है इसलिए इससे बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए श्री मोदी ने दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए सभी से सुरक्षित दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने की अपील की है उन्होंने कहा कि अब तक समूचे इंतजाम के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ने असीम नियंत्रण और प्रतिबद्धता दिखाई है और अब दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान भी ऐसा ही होना चाहिए श्री मोदी ने दुर्गा पूजा और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं इधर शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दूर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है इधर बांगला पद्धति के अनुसार पूजा वाले कई स्थानों पर आज मां भगवती का पट खुल गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार पच्चीस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण सुना जा सकता है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर भाजपा और जदयू ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया

जदयू ने कहा सत्ता में आये तो सात निश्चय पार्ट टू होगा लागू पहले और दूसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ और तेज